उन्होंने आज धेमाजी जिले के सिलापाथेर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं श्री मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगई गांव रिफाइनरी में इन्डमेक्स इकाई डिब्रगढ के मध्यबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्रसरे टैंक फार्म और तिनसुखिया के हेबेदा गांव में एक गैस कम्प्रेसर स्टेशन भी राष्ट्र को डिजिटली समर्पित किया उन्होंने धेमाजी इंजीनियंरिंग कॉलेज का उदघाटन किया और सुआलकृची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी इस अवसर पर असम के राज्यपाल केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल राज्य के वित्तमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और कई सांसद तथा विधायक उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि राज्य में उज्ज्वला योजना लगभग सफल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के चाय पर्यटन हस्तशिल्प तथा हथकरघा क्षेत्र उसे आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे

मातुभाषा पर आधारित प्रतियोगिता में स्कूल के बारह बच्चों ने अपनी मातृभाषा में कहानी स्नाई इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय की लाईब्रेरी के अपग्रेडेशन के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपनी म्ल पहचान को बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत में स्थानीय बोली का उपयोग करने का आह्वान किया

अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने कल मेच्का में महिला अधिकारों बाल विवाह घरेल् हिंसा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकारों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई जबकि अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाल ही में शी योमी जिले के मेच्का में गांव बूढ़ा और बूढ़ी को पारंपरिक और प्रथागत कानूनों के बारे में जागरुक किया

ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालिंग दाई ने बताया कि अब तक जिले के नौ सौ इक्यावन फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाया जा चुका है और इसमें से चार सौं छह कर्मियों को कोविड की दूसरी ख्राक भी दी जा च्की है